वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन पांच जुलाई को बजट पेश करेंगी आम बजट के बारे में सुझाव सरकार के पोर्टल माई गॉव डॉट इन पर इस महीने की बीस तारीख तक दिये जा सकते हैं पोर्टल के अनुसार पिछले कई वर्षो से वित्त मंत्रालय बजट के बारे में नागरिकों से सुझाव मांग रहा है बजट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी लेने के लिए समाज के सभी वर्गों के नागरिकों के सुझावों का स्वागत है वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार आम बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने के लिए उनसे बहुमूल्य विचार प्राप्त करने की परंपरा जारी रखेगी नवनिर्वाचित सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सत्रह जून से छब्बीस जून तक आयोजित किया जाएगा दो हजार उन्नीस बीस का आर्थिक सर्वक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जिसके बाद अगले दिन आम बजट पेश किया जाएगा

तलाश आज छठे दिन भी जारी सेना और वायुसेना के अलावा पुलिस और स्थानीय लोग भी प्रदेश के सियांग जिले के घने जंगलों में तलाश में लगातार मदद कर रहे हैं सियांग जिला प्रशासन ने विमान के बारे में जानकारी देने वाले के लिए पचास हजार रुपए नकद ईनाम की घोषणा की है कल शाम खराब मौसम के कारण हवाई तलाश का काम रोक दिया गया था वायुसेना का ये विमान सोमवार दोपहर असम के जोरहाट हवाई अड़डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद लापता हो गया था अरुणाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष निपो नाबम आयोग के सदस्य एवं अधिकारियों ने कल राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की बैठक के दौरान अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को आयो द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा दो हजार अट्ठार की जानकारी दी जो मामला विचाराधीन है श्री खांडू ने इस मामले की तत्काल समाधान पर जोर देते हुए भविष्य में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए यूपीएससी परीक्षाओं के पैटर्न को शुरुआत करने पर भी चर्चा की आयोग की सुदृढीकरण से संबंधित मामलों पर श्री खांडू ने कहा कि सरकार द्वारा जल्द ही जनशक्रि की कमी और इसके बुनियादी ढ़ांचे की आवश्यकताओं को पूरा करेगी उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के विकास कार्यों में और तेजी लाना है उन्होंने कहा कि वे लगाता पूरे समर्पण के साथ राज्य के हित के लिए कार्य करते रहेंगे श्री चाउना मेन ने कल नामसाई में द्रसरी बार उपमुख्यमंत्री पद संभालने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ नीति आयोग की आकांक्षी जिलों से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की इससे पहले ग्रुवार को नामसाई पहुंचने पर उनका अभिनंदन किया गया श्री चाउना मेन ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में टीम अरुणाचल प्ररी जिम्मेदारी के साथ विकास के कार्य करती रहेगी उन्होंने कहा कि अच्छी सड़के और मूलभूत सूविधाओं में कमी सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती है साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खामियों को दूर किए जाने की जरूरत है उन्होंने कहा अलग अलग जिलों में चल रहे विकास कार्यों की देखरेख कि जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जायेगी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कल प्रतिबंधित आतंकी गुट यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम अल्फा के दो संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया ये दोनों तिनसुकिया जिले में नवम्बर दो हजार अटठारह में हत्या के एक मामले में आरोपी हैं

राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने भारतीय सेना की तिरंदाजी टीम के कोचिंग समर्थन के साथ राज्य में तिरंदाजी शिविर आयोजित करने के संबंध में सेना के प्रमुख के साथ चर्चा की है उन्होंने विधायक से छात्रों और युवाओं विशेष रुप से छात्राओं को प्रतिभागी परीक्षाओं खेल और खेल के प्रति प्रेरित करने के तरीके तलाशने की सलाह दी है